कहा इससे अनुसंधान और नवाचार को मिला है बढ़ावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा विपक्षी दल कृषि कानूनों के नाम पर किसानों को कर रहे हैं गुमराह

देश भर में बच्चों के सघन टीकाकरण कार्यक्रम मिशन इन्द्रघनुष का तीसरा चरण सोमवार से होगा शुरू

पश्चिम बंगाल में विश्वभारती के दीक्षान्त समारोह को वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति अलग अलग विषयों को पढ़ने की आजादी देने के साथ ही अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प भी देती है उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के द्वारा स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में आतंक और हिंसा फैला रहे लोगों में से कई अत्यधिक शिक्षित और अत्यधिक क्शल हैं दूसरी तरफ ऐसे लोग मी हैं जो कोविड नाइन्टीन महामारी से लोगों को बचाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं तथा अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में डटे हैं श्री मोदी ने कहा कि यह कोई विचाखारा नहीं बल्कि नजरिये की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्य बात यह है कि नजरिया नकारात्मक है या सकारात्मक दोनों तरह के नजरिये के लिए गुंजाइश मौजूद और दोनों के लिए राह खुली है यह फैसला हमें करना है कि हमें समस्या पैदा करने वालों का साथ देना है या समाधान तलाशने वालों के साथ खड़ा होना है

विधानसभा में कल अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसान आन्दोलन के नाम पर देश की छवि को खराब कर रहे हैं और राष्ट्र के विकास में बाधा डालने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत की और आगे भी बातचीत के लिये तैयार है मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत हो रही है तब कुछ लोग किसानों के मुद्दे के नाम पर इसे खराब करने का प्रयत्न कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है और अलग अलग क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश को आकर्षित कर रहा है किसानों के कल्याण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कई योजनाओं का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि देश के बारह करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हुए हैं उन्होंने कहा कि योजना के तहत किसानों को हर साल छः हजार रूपये उनके खातों में पहुंचाये जा रहे हैं प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन कल जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने कृषि कानून सहित अन्य मुददों पर हंगामा और नारेबाजी की समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहजन समाज पार्टी के सदस्य नये कृषि कानून और अन्य मुद्दों के खिलाफ वेल में आकर नारेबाजी करने लगे नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सदन को स्थगित करने और कृषि कानूनों सहित किसानों के अन्य मुद्दों पर बहस की मांग की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी विपक्ष का हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही आघे घंटे के लिये फिर बारह बजकर बीस मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गई इस बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्षी सदस्यों पर किसान हितैयी न होने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया बार बार सदन के स्थगन के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका बाद में सदन में दिवंगत सदस्यों के संबंध में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके बाद सदस्यों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत नेताओं को श्रद्वाजलि दी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मोती लाल बोरा के निधन पर भी मुख्यमंत्री द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किया गया

नोएडा प्राधिकरण और आइकिया के बीच निवेश सम्बन्धी समझौता ज्ञापन कार्यक्रम को कल वर्चअल माध्यम से सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश ने उद्यम अनुकूल स्थितियों का सुजन किया है उन्होंने कहा कि ईज ऑफ बूईग बिजनेस की राष्ट्रीय सुची में प्रदेश का दूसरे स्थान पर होना इसकी पुष्टि करता है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेशपरक योजनाओं और रोजगार को बढ़ावा देने वाले उद्यमों की स्थापना और अधिक से अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये नीतियां बनायीं हैं जिससे प्रदेश उद्यमिता का केन्द्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है बल्कि देश की सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या भी यहां है उन्होंने कहा कि प्रदेश देश का सबसे बड़ा बाजार भी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य की चौबीस करोड़ आबादी को कोविड नाइन्टीन संक्रमण से बचाने के लिये स्वास्थ्य सम्बन्धी मूलमूत सेवाओं को और मजबूत करने में सफलता प्राप्त की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी का डटकर मुकाबला किया है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महामारी के अंधकार को कम करने में मदद मिली है बस्ती जनपद में कल बस्ती महोत्सव का शुभारम्म करने के बाद अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में प्रदेश सरकार समी वर्गो के हितो के लिए कार्य कर रही है स्थानीय सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि कोविड महामारी के कारण इस वर्ष बस्ती महोत्सव छोटे स्थान पर आयोजित किया जा रहा है लेकिन इसकी दिव्यता और भव्यता में कोई कमी नहीं होगी

यह कार्यक्रम बाईस फरवरी से शुरू होगा और पन्द्रह दिन तक चलेगा कार्यक्रम का दूसरा चरण बाईस मार्च से शुरू होगा डॉक्टर हर्षवर्धन ने अमियान में शामिल सभी मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि हमें शत प्रतिशत टीकाकरण का संकल्प लेना चाहिए संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रमावी नियंत्रण एवं सही उपचार के लिए पिछले तीन वर्षों की भांति प्रदेश में एक व्यापक अमियान संचालित किया जायेगा जिसके अंतर्गत आगामी एक मार्च से इकत्तीस मार्च तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अमियान तथा आगामी दस मार्च से चौबीस मार्च तक दस्तक अमियान का प्रथम चरण प्रदेश के समस्त पचहत्तर जनपदों में चलाया जायेगा

फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार पांच सौ इक्कीस है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि राज्य में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अट्ठानबे दशमलव एक प्रतिशत है उन्होंने बताया कि प्रदेश में गुरूवार को एक दिन में एक लाख छत्तीस हजार एक सौ अस्सी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक कुल तीन करोड़ एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ छब्बीस नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में कल स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड टीके की दूसरी डोज लगायी गयी साथ ही टीकाकरण से छूट गए स्वास्थ्यकर्मियों को भी टीका लगाया जा रहा है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अग्निम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण लगभग प्रा कर लिया गया है रोष अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण बाईस फरवरी तथा पच्चीस फरवरी को किया जायेगा इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी डोज भी लगायी जाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में मिट्टी का टीला धंसने से दो महिलाओं समेत तीन लोगों की मृत्यू पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं चित्रकूट जिले के रैपुरा थाना क्षेत्र में कल मिट्टी खुदाई करने के दौरान टीला धसने से इसके नीचे दबकर दो महिलाओं और एक बालिका की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गई